गृहमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि इसका द्रुपयोग नहीं हो सकेगा इसमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं अभित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता वाले बयान पर लोकसभा में कल भी हंगामा हुआ सदन से कांग्रेस ने वॉकआउट किया लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष द्वारा उठाये गये सवालों के जवाब दिये

विधेयक में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा में वृद्धि के साथ मौत की सजा का भी प्रावधान रखा गया है

केन्द्र सरकार ने कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए मंत्री समूह का प्रनर्गठन किया है और इससे जुड़ी कानूनी व्यवस्थाओं को और सख्त बनाने के उपाय भी किए हैं केन्द्रीय गृहमंत्री अभित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और महिला तथा बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मंत्री समूह के सदस्य बनाए गए हैं

चीनी के बंपर उत्पादन के मददेनजर सरकार ने यह कदम उठाया है मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कल एक बैठक में इस बारे में निर्णय लिया

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिलेगी प्रदेश में जिन आवासीय कॉलोनियों का अभी तक नियमन नहीं हुआ है उनका नियमन जल्द ही किया जाएगा इसके लिए शिविर लगाकर पट्टे वितरित किए जाएंगे स्वायत्त शासन नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने कल विधानसभा में ये जानकारी दी

श्री धारीवाल ने बताया कि स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा दक्षता संवर्धन के लिए शहरी विकास केन्द्र का गठन किया जाएगा

इसी प्रकार हैरिटेज सिटी जयपुर के लिए स्पेशल एरिया मास्टर प्लान के तहत हैरिटेज प्लान चारदीवारी संरक्षण और ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा श्री धारीवाल ने कहा कि जयपुर मैट्रो के दूसरे चरण में सीतापुरा से पानीपेच के बीच केन्द्र सरकार के सहयोग से मैट्रो चलाई जाएगी जिसकी डीपीआर बनाई जा रही है

राज्य में शराब पीकर सड़कों पर दुर्घटनाऐं करने वाले लोगों के लाईसेंस निरस्त किये जायेंगे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल विधानसभा में ये जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के लाईसेंस बनाना आसान ना हो इसके लिये भी व्यवस्था की जायेगी उन्होंने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाही किये जाने संबंधी नियम बनाने के लिए एक समिति गठित की गयी है उन्होंने कहा कि सड़क दूर्घटनाएं रोकने के प्रति सरकार पूरी तरह गंभीर है तथा इस मामले में परिवहन पुलिस और अन्य विभागों के साथ मिलकर हरसंभव प्रयास किये जायेंगे

प्रदेश में घर के पास ही इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये पायलट प्रोजेक्ट के तहत जनता क्लिनिक की शुरूआत जयपुर से होगी चिकित्सा मंत्री डॉ रघू शर्मा ने कल स्वास्थ्य भवन में प्रदेश भर में जनता क्लीनिक खोलने के सम्बंध में आयोजित बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि ये प्रयोग यहां सफल होने के बाद राज्य के बड़े शहरों में भी इनको खोला जाएगा

गर्मी से तप रहे प्रदेश में कल शाम से अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली जयपुर में भी लगातार बारिश के चलते जहां लोगों ने तेज उमस से निजात पाई वहीं कई जगह सड़कों पर भरा पानी लोगों की परेशानी का सबब बना सीकर में मुसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गये जिससे जनजीवन अस्तव्यस्त हुआ यहां बरसात का दौर अभी भी जारी है आपदा प्रबंधन टीमें राहत कार्यो में लग गई है सीकर के पाटन कस्बे में अंडरपास में दो जीपे डूबने के समाचार है हालांकि ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से जीप में सवार लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है शहर के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था भी चौपट हो गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है सवाईमाधोपूर में दिनभर तेज उमस के बाद ब्रंदाबादी हुई